लखनऊ में आज मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले डेढ वर्षो के दौरान रेपो दर में पांच बार कमी की गई है जिससे उद्योग जगत को काफी मदद मिलेगी

उन्होंने कहा कहा कि देश हर क्षेत्र में आगे बढ रहा है और आने वाला समय भारत का है

यह सहायता राशि थल सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष से दी जायेगी

ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि आतंकवादी गतिविधियों के लिए धनजुटाने पर रोक लगाई जा सके संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक समिति को संबोधित करते हुए भारत की प्रतिनिधि पाउलोमी त्रिपाठी ने कहा कि ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए लगातार खतरा बने हुए हैं पेरिस स्थित वित्तीय कार्रवाई कार्यबल एक अंतरदेशीय संगठन है जो धनशोधन और आतंकवाद को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित मामलों के बारे में नीतियां तय करता है

श्री गहलोत ने आज सवाई मानसिंह चिकित्सालय में नवनिर्मित हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन थियेटर राज्य अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन सोटो के कार्यालय तथा ई लाईब्रेरी के लोकार्पण किया

श्री गहलोत ने कहा कि हमारे समाज में चिकित्सक को ईश्वर का दर्जो दिया गया है इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता चिकित्सकों को भी इस बात का ख्याल रखते हए ही मरीजों का इलाज करना चाहिए उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति के दुर्व्यवहार के कारण अस्पताल के सभी चिकित्सकों का हड़ताल पर चले जाना उचित नहीं है इससे बड़ी संख्या में मरीजों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में राज्य के लोगों को चिकित्सा से जुड़ी सभी प्रकार की अत्याध्रनिक सुविधाएं एसएमएस अस्पताल में ही मिलेंगी

आज जयपुर में एक कार्यक्रम में श्री कल्ला ने कहा कि जड़ाऊ और क्दन के क्षेत्र में भी यहां के कारीगरों ने दुनिया में नाम कमाया है लेकिन इस क्षेत्र में शोध की कमी है उन्होंने कहा कि डिजाइन और बिजनेस से जुड़े विद्यार्थी और शोधार्थी इन विशेषताओं को अपने अध्ययन का विषय बनाकर आगे बढ़ाए

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बैंक खातों को आधार से लिंक होने बैंकों से ऋण लेनी की प्रकिया आसान हो गयी है

नगर परिषद की ओर से शहर के वार्डों की सफाई की गइ तथा श्रमदान किया गया नगर परिषद के सफाई कर्मियों का सम्मान भी किया गया अजमेर में गांधी जयंती सप्ताह के समापन के मौके पर आगामी नौ अक्टूबर को मैं भी गांधी का जीवन्त प्रदर्शन किया जाएगा

कार्यक्रम में पुलिस बैंड सहित विद्यालयों के चार अन्य बैंड भी राम भजनों की स्वर लहरिया बिखरेंगे

अलवर जिले में रामगढ़ के राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में एक डॉक्टर से मारपीट की घटना के विरोध में रामगढ ब्लॉक के सभी सरकारी अस्पतालों में आज डॉक्टरों ने दो घंटे कार्य का बहिष्कार किया

उदयपुर में दोपहर बाद तेज पानी गिरने के समाचार मिले हैं बाड़मेर में भी अच्छी बारिश हुई